जयराम ठाकुर ने कहा कि महिला मोर्चा ने प्रदेश में क्फर्यू के दौरान जरूरतमंद लोगों को राशन और पका हुआ भोजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यो का शुभारंभ करेंगे इसके अलावा वे वन्य जीवों के लिये राज्य बोर्ड और गुड़िया सक्षम बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे समीक्षा बैठक हिमाचल प्रदेश क्षयरोग उन्मूलन में देशभर में तीसरे स्थान पर रहा है स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडीधीमान ने बताया कि क्षय रोग कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हिमाचल को गूजरात व आन्ध्र प्रदेश के साथ उत्कृष्ट राज्यों में चुना गया है धीमान ने कहा कि देशभर के सभी जिलों में हमीरपुर जिले को दूसरे सिरमौर को चौथे और ऊना जिले को दसवें स्थान पर चुना गया है चम्बा जिले को एसपीरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में देशभर में चौथा स्थान मिला है

उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में आशा कार्यकर्ता हर रविवार को अपने क्षेत्र में घर घर जाकर क्षय रोग के सम्भावित व्यक्तियों का पता लगाएगी

युवाओं ने चित्रकला के माध्यम से कोरोना योद्वाओं को नमन किया और उनका सम्मान व उनका मनोबल बढ़ाने का लोगों से आग्रह किया

नेहरू युवा केंद्र द्वारा बदल कर अपना व्यवहार करो कोरोना पे वार नाम के इस अभियान को पूरे देश में चलाया जा रहा है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

किराया न बढ़ाया तो परसों से कई जिलों में फिर थम जाएंगे निजी बसों के पहिये अमर उजाला की खबर है दिव्य हिमाचल का शीर्षक है लिखित अधिसूचना तक नहीं चलेंगी निजी बसें क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल देश में सर्वश्रेष्ठ शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है देश के टॉप दस जिलों में प्रदेश के तीन जिला शामिल पंजाब केसरी की एक खबर है मनाली लेह मार्ग किसी भी सूरत में बहाल रखने के आदेश रक्षा मंत्रालय ने किया मास्टर प्लान तैयार

आपका फैसला ने लिखा है हिमालय में ग्लेशियर झीलों की मैपिंग करने की तैयारी ऊंचे क्षेत्रों में झील बनने की प्रव्रति में आई है तेजी